फल उत्पादन में वृद्वि को देखते हुए राज्य में जल्द स्थापित होंगे नए कोल्ड स्टोर और पैकिंग हाऊस

पन्ना प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और पूरा विश्व भारत को स्वीकार रहा है वे आज सोलन में भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं और जन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करे नड्डा ने कहा कि सत्ता की उत्पत्ति का मुख्य स्थान बूथ हैं जिन्हें और मज़बूत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को मुद्दाविहीन पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सही आंकड़े नहीं हैं और कांग्रेस नेता हवा हवाई बातें कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है और बेबुनियाद बयानबाजी कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उम्मीद जताई कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन पार्टी को बूथ स्तर पर मज़बूत करने में सहायक बनेगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव जीतने में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल सांसद वीरेन्द्र कश्यप और राम स्वरूप शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता व पदाधिकारी भी सम्मेलन में मौजूद रहे जनमंच मण्डी ज़िले में धर्मपुर क्षेत्र के सिद्धपुर में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया इसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने की जबकि सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का घरद्वार के समीप ही समाधान हो रहा है उन्होंने अधिकारियों से भी जनमंच की गम्मीरता को समझने और एक विश्वास लेकर लोगों को बीच जाने का आग्रह किया उधर ज्वालामुखी के मझीण में हुए जनमंच कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित की योजनाएं बनाकर इन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर रही है

मारकण्डा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए मनरेगा में कई नए कार्य शामिल किए गए हैं

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी में पशुपालन का अहम योगदान है ऐसे में सरकार पशुपालन को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने मणिकर्ण घाटी के ढनाली में पशु औषधालय के शिलान्यास सहित बंजार विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पंचायत घरों का लोकार्पण किया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों से परिश्रम और योग्यता के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का आहवान किया है क्रूक्षेत्र स्थित ग्रूकल परिसर में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि जिस विद्यार्थी में परिश्रम और जज्बे की भावना होती है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है समारोह में उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

सुलह क्षेत्र के थुरल में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे

इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए एचपीएमसी राज्य में पिछले कुछ वर्षो में फल उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी नए कोल्ड स्टोर और पैकिंग हाऊस स्थापित करने जा रहा है इसके अलावा मौजूदा ग्रेडिंग व पैकिंग हाऊस को स्तरोन्नत किया जाएगा

उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत शिमला ज़िले के पराला और चम्बा में फल प्रसंस्करण संयंत्र भीा स्थापित किए जाएंगे सरवीण चौधरी कांगड़ा ज़िले के शाहपुर क्षेत्र के बसनूर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में पहले ही बजट में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज कर उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया है

इसके अलावा खिलाड़ियों को क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए क्रिकेट अकादमियां भी स्थापित की जा रही हैं

विधायक राजेन्द्र गर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठण्ड का दौर लगातार जारी है

वहीं सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशाषी अभियंता हरि प्रकाश भारद्वाज ने घाटी के लोगों से दिन के समय ही पानी का भंडारण करने की अपील की है

उधर चम्बा ज़िले के मिंधल की पंचायत समिति सदस्य कमला शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी देवराज राणा ने पांगी घाटी के लिए जल्द हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है योजना बिलासपुर ज़िले में घुमारवीं के छिब्बर में सौर ऊर्जा से संचालित उठाऊ सिंचाई योजना का विधायक राजेन्द्र गर्ग ने आज लोकार्पण किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं समारोह बिलासपुर ज़िले के राजकीय विद्यालयों हरनोड़ा और बरमाणा में आज वार्षिक समारोह आयोजित किए गए इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतरीन वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत्त है उन्होंने अध्यापकों से भी विद्यार्थियों को गुणात्मक व संस्कारयुक्त शिक्षा देने का आग्रह किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस अवधि में बेरोज़गारी दूर करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है और तबादला उद्योग बड़े पैमाने पर सक्रिय रहा है उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने की दिशा में भी कदम नहीं उठा पाई है विरोध किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश की मंडियों में हो रहे बागवानों के शोषण का विरोध किया है समिति सचिव संजय चौहान ने आज शिमला में कहा कि पिछले माह ठियोग थाना में दोषी आढ़तियों पर कुछ बागवानों ने एफआईआर दर्ज की थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है